प्रदेश में पर्यावरण हित में सौर व हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी सरकार

प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल को जल्द बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं वे आज शिमला में गौसदन व गौ अभ्यारण्य योजना को सहायता की शुरूआत और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के दूसरे चरण के शुभारम्भ पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसी को भी अपने मवेशियों को लावारिस छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के दूसरे चरण में मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जाएगी इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी इस दौरान पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राज्य में गौ अभ्यारण्य की क्षमता में वृद्धि के लिए भी प्रयास किए जाएंगे

निर्देश इस बीच मुख्यमंत्री ने विभिन्न ज़िला उपायुक्तों उपमण्डल अधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र व राज्य योजनाओं के लाभार्थियों का प्रभावी डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए जो एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि ये कार्य निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज और माल रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया

उन्होंने ये जानकारी आज शिमला में वन विभाग के मुख्यालय का दौरा करने के बाद अधिकारियों की बैठक में दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों को प्रदृषण मुक्त वातावरण मिले इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है पठानिया ने बताया कि नदियों के कैचमेंट क्षेत्रों में चैक डैम जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा उन्होंने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों को हथियार उपलब्ध करवाने की नीति में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे इस बीच वन मंत्री ने विधानसभा सचिवालय शिमला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से मेंट भी की राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज बिलासपुर के घुमारवीं में विभिन्न पंचायतों का दौरा किया उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता अनुसार विकास कार्य किए जाएंगे और पहले से चल रहे कार्यो में तेज़ी लाई जाएगी शिलान्यास केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र कल सिरमौर ज़िले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे

कोरोना स्मार्टफोन केंद्र सरकार ने राज्यों को अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टेबलेट अपने साथ रखने की अनुमति देने को कहा है ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिजनों से बातचीत कर सकें इससे मरीजों को मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके सभी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है उन्होंने कहा कि विभाग में करीब डेढ़ हजार कर्मी अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत पर भी बल दिया

रोहित ठाकुर पूर्व कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने राज्य सरकार से सेब उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त कोरोना जांच किट उपलब्ध करवाने की मांग की है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बागवान पहले ही श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं वहीं कोरोना जांच किट के अभाव में श्रमिकों को कई दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन में रहने को मजबूर किया जा रहा है जिससे बागवानों को दोगुना आर्थिक नुकसान हो रहा है रोहित ठाकुर ने सरकार से समय रहते सेब एकत्रिकरण केन्द्र शुरू करने का भी आग्रह किया है समिति कांगड़ा ज़िला प्रशासन ने होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए तीन स्तरीय निगरानी समिति गठित की है उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी उन्होंने कहा कि निगरानी के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं

इस अवसर पर बहनों ने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधी और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लम्बी उम्र की कामना की इस दौरान भाईयों ने बहनों को उपहार भी भेंट किए इधर राजभवन शिमला में समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कलाई पर राखी बांधी और उनके सुखद जीवन की कामना की राज्यपाल ने कहा कि ये त्योहार हमें प्रेम भाईचारे और सदभाव का संदेश देता है दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कलाई पर राखियां बांधीं प्रसारण विश्व संस्कृत दिवस पर आज सुबह आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा प्रसारित किया गया केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृ त में अपने संदेश में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया

उपायुक्त अभित कश्यप ने शिमला में एक बैठक में बताया कि कोरोना संकट के चलते अधिक से अधिक लोगों को अभियान में शामिल करने के लिए वर्चुअल तकनीक का सहारा लिया जाएगा

दिशा निर्देश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं